यहां तक कि अगर कोई सफल नहीं भी होता है तब भी वह कुछ नया सीखता है क्योंकि असफलता ही सफलता का आधार होती है

वहींमहाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग की जायेगी सभी बाजारों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए

उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेश्यिर ट्टने से आई बाढ और सीधी जिले में नहर मे बस गिरने के हादसे के म्रतकों को भी श्रदृधांजलि अर्पित की गई

कांग्रेस विधायको ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के दौरान दिवंगत हए किसानो को भी श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की मांग कीं हालाँकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसकी इजाजत नहीं दी

ज्ञानाश्रय कक्षा में आज कलेक्टर सौरभ क्मार स्मन ने भारतीय संविधान और भ्गोल के संबंध में विदयार्थियों को जानकारी दी

भारत और इंग्लैंड एक एक मैच जीत कर श्रृंखला में बराबरी पर हैं